मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ज्योतिष विद्या के विकास व प्रसार के लिए अधिक शोध की ज़रूरत पर दिया बल

मुख्यमंत्री स्वागत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्र सरकार के जीएसटी दरों में कमी करने के फैसले की सराहना की है

उन्होंने कहा कि वॉशिंग मशीन फ्रिज मिक्सर व फुटवेयर जैसी वस्तुओं पर जीएसटी दरें घटाने के निर्णय से मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी जयराम ठाकुर ने कहा कि सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी खत्म होने से महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अनुराग ठाकुर उघर सांसद अनुराग ठाकुर ने सैनेटरी नैपकिन को जीएसटी से मुक्त करने के केन्द्र सरकार के फैसले की सराहना की है एक बयान में उन्होंने इसे महिलाओं के हित में बताते हुए कहा कि इस निर्णय ने मातू शक्तियों के अभिमान को बढ़ाने का काम किया है

उन्होंने कहा कि इससे छोअे उद्यमियों सहित कामगारों और रोज़गार क्षेत्र से जुड़ी अनेक इकाईयों को लाम होगा

प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रमेश चोजड़ ने कहा कि जीएसटी परिषद ने वॉशिंग मशीन और जूतों समेत अन्य वस्तुओं पर टैक्स की दर घटाकर आम लोगों को भी बड़ी राहत दी है

उन्होंने बताया कि मण्डी वन वृत्त में सबसे अधिक पौधे रोपे गए जबकि रामपुर दूसरे और चम्बा वन वृत्त तीसरे स्थान पर रहा है उन्होंने कहा कि वन संरक्षण प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए वन विभाग अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करेगा इसके अलावा अन्य स्तरों पर भी पुरस्कार दिए जाएंगे बिंदल इस बीच विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पौधरोपण कार्यक्रम को सुनियोजित विकास के लिए ज़रूरी बताया है सोलन में आज एक पौधरोपण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पौधरोपण केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भविष्य के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का सजग प्रहरी बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है बिंदल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ वायु प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को विस्तार देने में सहायक सिद्ध होगी उन्होंने इस अवसर पर जन समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को इनके निपटारे के निर्देश दिए जांच किट केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दुष्कर्म के मामलों की जांच के लिए पांच हज़ार दुष्कर्म जांच किट्स खरीदे हैं जिन्हें यौन प्रताड़ना संबंधी मामलों की शीघ्रता से जांच के लिए देश भर के पुलिस थानों को उपलब्ध कराया जाएगा केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे भी इस तरह के किट पुलिस थानों को उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएं केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने पिछले हफ्ते राज्यों से दुष्कर्म जांच किट्स खरीदने और उन्हें पुलिस थानों को उपलब्ध कराने का आग्रह किया था किशन कपूर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कांग्रेस नेताओं को विकास कार्यों में राजनीति न करने की नसीहत दी है धर्मशाला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्थानीय नगर निगम मेयर और अन्य नेताओं ने शहर के डिप्रओं में राशन की कमी को लेकर झूठी बयानबाज़ी की जबकि निरीक्षण में राशन की पर्याप्त उपलब्यता पाई गई है किशन कपूर ने कहा कि स्थानीय कांग्रेस नेता झूठी बयानबाज़ी और लोगों को भ्रमित करने में माहिर हैं और इसके स्थान पर उन्हें निगम की व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राशन की समय पर उपलब्यता सुनिश्चित करने के साथ साथ उत्पादों की गुणवत्ता भी सुधारी गई है मारद्वाज शिमला के जाखू स्थित नगर निगम पार्किंग के समीप व्यायामशाला का शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने नशे को समाप्त करने के लिए सभी वर्गों व संगठनों से एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया भारद्वाज ने कहा कि नशे का सेवन बड़ी समस्या बनता जा रहा है और युवा पीढ़ी इससे सबसे अधिक प्रभावित हो रही है इस दौरान सनातन धर्म स्कूल शिमला में एक अन्य समारोह में उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सौ अभ्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए मुख्यमंत्री ज्योतिष मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ज्योतिष विद्या के विकास व प्रसार के लिए अधिक से अधिक शोध करने की ज़रूरत पर बल दिया है शिमला में आज ज्योतिष सम्मेलन के पुरस्कार वितरण समारोह में उन्होंने कहा कि ज्योतिष विज्ञान से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और युवा वर्ग के लिए ये रोजगार का अच्छा साधन है जयराम ठाकूर ने कहा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय में ज्योतिष पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार करेगी उन्होंने कहा कि ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जो हमारी संस्कृति में जन्म से आरम्म होता है और जीवन के अंत तक साथ रहता है समारोह में मुख्यमंत्री ने विभिन्न ज्योतिष आचार्यों को सम्मानित भी किया वीरेन्द्र कंवर प्रदेश में बीपीएल परिवारों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए उन्हें आजीविका मिशन से जोड़ा जाएगा ये जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना में ज़िला भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी

राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कांग्रेस पर विकास में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया है एक बयान में उन्होंने कहा कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है और कांग्रेस को सदन की समय बर्बादी का हर्जाना भरना चाहिए राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस व उसके सहयोगी दलों के लोकसभा में चल रहे रवैये से देश की जनता नाराज़ है और आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा कोन्द्र में फिर सरकार बनाएगी

उन्होंने कहा कि यह परियोजना पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी हालांकि पहले चरण में जल की कमी वाले चुनिंदा क्षेत्रों मण्डी ज़िले के धर्मपुर लड़मड़ोल और थुनाग हमीरपुर के बमसन और सुजानपुर व बिलासपुर जिले के घुमारवी में विभिन्न जल संरक्षण कार्य किए जाएंगे उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत प्रदेश के अढ़ाई लाख छोटे व सीमांत किसानों को सुदृढ़ किया जाएगा सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने रूचि के अनुसार युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत पर बल दिया है सोलन में उत्तर क्षेत्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में खेल प्रसिद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण का अहम स्रोत बनकर उमरे हैं सहजल ने उम्मीद जताई कि इस तरह के आयोजन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारियां करने में सहायक सिद्व होंगे मौसम राज्य में अगले दो दिन भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है

मौसम विभाग के ताजा पूर्वान्मान से राज्य सरकार ने भी अलर्ट जारी कर प्रशासन को सचेत रहने को कहा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने कहा कि मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए संबंधित ज़िला उपायुक्तों को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं इस बीच प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी वर्षा का क्रम रूक रूक कर जारी रहा लाहौल घाटी के जहालमा और शांचा क्षेत्र में दोपहर बाद बादल फटने की घटनाओं में सिंचाई कूहलों को नुकसान हुआ है इस घटना के बाद क्षेत्र में नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है विधिक साक्षरता शिमला ज़िले की घैणी पंचायत में आज विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता न्यायिक दण्डाधिकारी मनीषा गोयल ने की उन्होंने लोगों से पंचायत स्तर पर मध्यस्थता के माध्यम से मामलों को निपटाने का आहवान किया मनीषा गोयल ने संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों से भी लोगों को जागरूक किया जांच कांगड़ा की एक युवती की पिछले दिनों सर्पदंश के बाद टाण्डा अस्पताल में हुई मौत की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक समिति गठित की है स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने बताया कि युवती की मौत के बाद कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए ये कदम उठाया गया है

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मानव जीवन बहुमूल्य है और किसी को भी जिंदगी से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है

पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इस दौरान वीरता पदक विजेता वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा उन्होंने कहा कि इसके अलावा शहीदों को श्रद्धांजलि देने सहित उनके देश की रक्षा के लिए दिए गए बलिदानों को भी याद किया जाएगा सतपाल सत्ती ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कार्यक्रमों में शामिल होने का आह्वान किया है